जहाँ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने परेड की ली सलामी

मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया

उत्तर प्रदेश की झांकी भी इस बार आकर्षण का केन्द्र रही इसके अलावा डिजिटल भारत श्रम कानूनों आत्म निर्भर भारत अभियान न्यू इण्डिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकिया भी इस परेड में शामिल थी राफल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में खासतौर से प्रस्तुत किये गये परेड का समापन वायु सेना के विमानों के फ्लाईपास्ट से हुआ गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत आज सूबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फहराया और बाद में विधान सभा भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली

परेड में सेना पुलिस पीएसी सशस्त्र सेना सबल के अलावा स्कूलो छात्र छात्राओं की मार्चपास्ट करती टुकड़िया भी शामिल थीं इस मौके पर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों स्कूल कालेजों द्वारा सामाजिक समरसता आत्मनिर्भर भारत कोरोना योद्धाओं का सम्मान और प्राकृतिक खती को प्रोत्साहन देने की थीम पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गयीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री योगी ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की शपथ लेने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का पालन और मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए चन्दौली में केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री और स्थानीय सांसद महन्द्रनाथ पाण्डेय ने महेन्द्र टेक्निकल इण्टर कालेज परिसर में झण्डा फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर श्री पाण्डेय ने देश की हर क्षेत्र में आत्म निर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिए भारत न सिर्फ देशवासियों का टीकाकरण करा रहा है बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी मुफ्त वैक्सीन देकर मानवता की मिसाल कायम की है समारोह में श्री पाण्डेय ने पुलिस कर्मियों समाजसेवियों और स्वाधीनता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित भी किया

जिला मुख्यालय पर स्थानीय सांसद जगदम्बिकापाल ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि भारत ने आज़ादी के बाद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जिससे जनतांत्रिक मूल्यों को बल मिला इन्ही लोकतांत्रिक मूल्यों के बल पर ही भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है

इस अवसर पर श्री पाल ने अपनी ओर से ज़रूरतमंदों को पॉच सौ कम्बल भी बॉटे मऊ में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण आगरा में राज्यमंत्री जी एस धर्मेश ने पुलिस मैदान में आयोजित समारोहों में शिरकत की इसके अलावा विभिन्न ज़िलों में जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली गयीं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया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

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति के तहत प्रदेश में दो सौ पचास मेगावाट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना राज्य में बीस हज़ार करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित करने तथा कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है बुन्देलखण्ड और पूर्वाचल क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गयी है इस नीति से प्रदेश में तीन सम्भावित डाटा सेन्टर पार्क्स और दस डाटा सेन्टर इकाइयों की स्थापना से दस हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और बीस हज़ार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा

कैबिनेट ने प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय क़ायम करने के लिए दि उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोटर्स यूनिवर्सिटी के बिल के आलेख को मंजूरी दे दी है यह बिल राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पारित कराये जाने का प्रस्ताव है राज्य खेल विश्वविद्यालय बनाने का उददेश्य प्रदेश में खेलसंस्कृति और उत्कृष्टता लाने के साथ साथ फिजिकिल एप्टीट्यूड स्किल्स और खेलों में रिकार्ड स्थापित करने तथा पद्क जीतने के लिए खिलाड़ियों को व्यवहारिकता आधारित प्रशिक्षण देना है

इनमें प्रदेश से प्रख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना कल्बे सादिक और जाने माने नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्र सहित नौ लोग शामिल हैं लखनऊ के मौलाना कल्बे सादिक और नृपेन्द्र मिश्र को पद्मभूषण स सम्मानित किया जायेगा जबकि राज्य के अन्य सात लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाज़ा जायेगा जिन विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जायेगा उनमें आगरा की चर्चित साहित्यकार ऊषा यादव बुलन्दशहर के रहने वाले रबाब वादक गुलफ़ाम ख़ां वाराणसी के प्रगतिशील किसान चन्द्रशेखर सिंह कानपुर में विपश्यना केन्द्र संचालित कर रहे अशोक साहू शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान कर रहे काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल समाजसेवा के लिए काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी और खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रायबरेली की सुधा सिंह शामिल हैं

पिछले दस महीनों में सत्ताइस लोगों की जान इस वायरस से चली गई और इस दौरान दो लाख से अधिक लोगों की जांच की गई पिछले कई हफ्तों से जिले में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी और तेईस जनवरी से जिले में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी है इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की का प्रतिशत बढ़कर सत्तानबे दशमलव चार दो हो गया है